आज नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बी पी आर डी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही

गृहमंत्री ने कहा कि जब तक देश चुनौतियों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा तब तक वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा उन्होंने कहा कि देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए चौंतीस हजार से अधिक पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है श्री शाह ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तनों के लिए देशव्यापी चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया गृहमंत्री ने कैदियों के प्रति जेलकर्मियों के व्यवहार में भी बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया श्री शाह ने कहा कि पुलिस बल को मजबूती प्रदान करने में बी पी आर डी की महत्वपूर्ण भूमिका है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को कल से आरंभ हो रहे फिट इंडिया अभियान की तैयारियां करने को कहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि सरकार देश को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया अभियान आरंभ करेगी

इस अवसर पर हम देशभर में फिट इंडिया मुवमेंट लांच करने वाले हैं खूद को फिट रखना है देश को फिट बनाना है हर एक के लिए बच्चे बूजूर्ग युवा महिला सबके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभियान होगा और ये आपका अपना होगा यूजीसी सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि वे विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों को फिटनेस की शपथ दिलाने के कार्यक्रम की तैयारियां करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में यह शपथ दिलाएंगे

उसका दूरदर्शन पर सीघा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था करे द्वारा स्वच्छता की एक शपथ दिलाई जाएगी तो उनसे अनुरोध ये भी किया गया है कि सभी को शपथ दिलाने के लिए भी प्रोत्साहित करें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मौतों में पिछले दो व र्गो के भीतर तिरसठ प्रतिशत की कमी आयी है श्री योगी आज किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रामा सेन्टर में एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आने वाले दो से तीन व के भीतर इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मौतों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साफ सफाई और पद्ध पेयजल पर जोर दिया है जिसके कारण बीमारियों के नियंत्रण में मदद मिली है इन्सेफेलाइटिस एक चुनौती थी लेकिन बेहतर इलाज और सरकार की ओर से दी गयी सुविधाओं के कारण इस पर नियंत्रण करना सम्मव हुआ है बहराइच हॉस्पिटल का नाम बालार्क ऋषि के नाम से और मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम से जाना जाएगा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के नव निर्मित मेडिकल कालेज के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को संबोधित ंकरते हुए कहा कि कड़ी मेहनत के बाद कोई चिकित्सक बन पाता है श्री योगी ने कहा कि आप सब जब डाक्टर बन जाना तब सेवा भाव से सभी का उपचार करना मुख्यमंत्री ने मिहींपुरवा में एक जनसभा को संबोधित कर प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया और अधिक से अधिक लोगों से फायदा उठाने की अपील की

केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अगडी ने आज हरी झण्डी दिखाकर ब्राड गेज रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी को रवाना किया एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री अगडी ने कहा कि केन्द्र की सरकार ने लखीमपुर खीरी के लोगों के सपनों को साकार किया है पहले इस रूट पर मीटर गेज की रेलगाड़ी चलती थी अब ब्राड गेज की सुविधा लोगों को प्राप्त होगी सभा को वहां के सांसद अजय मिश्र टेनी ने भी सम्बोधित किया